राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र का दो दिवसीय सम्मेलन राजधानी लखनऊ में आज से शुरू हो गया इस सम्मेलन में संसद और राज्य विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारी महासचिव प्रमुख सचिव और विदेशों के प्रतिनिधिगण भाग ले रहे हैं कार्यक्रम का शुभारम्भ करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि ऐसे कानून की आवश्यकता है जिससे सदनों की कार्यवाही बिना बाधा के चले बाइट आज सारा देश जिस पर चिंतित रहता है कि सदन बिना व्यवधान के चले बिना बाधित चले सदन में चर्चा हो वाद विवाद हो सहमति असहमति हो लेकिन संसद चले विधानमंडल चले इसके लिये सभी विधानमंडल को और संसद ने एक नीतिगत फैसला किया है कि हम ऐसे कानून बनाये नियम बनाये जिससे कि सदन ठीक से चले बिना बाधित चले और सदन की मर्यादाओं को भी हम ऊँचा उठा सके उन्होंने सदस्यों से जनता का विश्वास जीतने और संसदीय मर्यादा का ध्यान रखने की आवश्यकता बताई हम कोशिश कर रहे हैं कि संसद और विधानमंडल जनता के प्रति किस तरीके से जवाबदेही बन सकते हैं किस तरीके से हम जनता के विश्वास भरोसे से जीत सकते हैं संयम अनुशासन के साथ हमारी संसदीय मर्यादाओं पालन करते हुए सदन में अपनी बात को कहने का प्रयास करना चाहिये इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संसदीय संस्थाओं की गरिमा और शचिता को बनाये रखने की आवश्यकता बताई बाइट लोकतंत्र को और अधिक सुदृढ़ करने के लिये यह महत्वपूर्ण है कि हम इन प्रतिनिध संस्थाओं की गरिमा और शविता को बनाये रखे सभी गणमान्य प्रतिनिधि इस बात से सहमत होंगे कि यह संस्थाएं तभी अपने दायित्व का निर्वहन प्रभावी रूप से कर सकती है जब संसद का कार्य सुचार और व्यवस्थित रूप से संचालित हो इस सम्मेलन का मुख्य विषय जन प्रतिनिधियों की भूमिका रखा गया है

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून है वे आज नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के समर्थन में बिहार में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर श्री शाह न कहा कि सरकार इस कानून के माध्यम से बहुत से पीडितों को न्याय देन की कोशिश कर रही है उन्होंने कहा कि गांधीजी भी दलितों को न्याय देने के पक्ष में थे उन्होंने विपक्षी राजनीतिक दलों से कहा कि वे सीएए के मामले में लोगों को भ्रमित न करें

दोषियों को पकड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई नई दिल्लीं में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज पेश की गई न्यायमूर्ति ढींगरा आयोग की रिपोर्ट का उल्लेख किया और कहा कि रिपोर्ट से पता चलता है कि कांग्रेस ने कभी भी जांच करने की पहल नहीं की उन्होंने कहा कि आयोग की रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका मुख्य निष्कर्ष यह कहता है कि इन दंगों की सही जांच कभी नहीं हुई

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तीन हजार से अधिक लोगों को मरने दिया और फिर सैम पित्रोदा जैसे नेताओं ने इस पर अपमानजनक टिप्पणी की उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के शासन के दौरान पुलिस का पूरा प्रयास हमेशा दोषियों को बचाना था

उनके सामने सैंकड़ों एफिडेविट आये अब हरेक एफिडेविट पर उसी समय तुरंत एफआईआर होना चाहिए था सात साल के बाद एफआईआर किया और इसलिए कोर्ट ने उन सभी आरोपियों को बरी कर दिया ये लापवाही थी कि आरोपियों को संरक्षण देने का काम कांग्रेस ने किया और इसलिए ढींगरा जी ने सरकार से सिफारिश की है कि फिर से अपील दाखिल किया जाए तीन हजार सिक्खोंग का कत्लेसआम और उसके बारे में कांग्रेस का ये एटीट्वूट इससे साफ होता है कांग्रेस का हाथ कत्लत करने वालों के साथ ये आज की स्थिति है श्री जावड़ेकर ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को फांसी देने में देरी करने में आम आदमी पार्टी सरकार पर भी लापरवाही का आरोप लगाया

गृहमंत्रालय ने कहा है कि एन पी आर में केवल प्रश्नावली होगी जिसका प्रारूप शीघ्र ही तैयार कर लिया जाएगा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

राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने युवाओं से देश की महान विरासत को आगे ले जाने का आहवान किया है

उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न कोनों से आये युवाओं द्वारा अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया गया वह हमारी संस्कृति के साथ ही पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित हुई है कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य तथा यूवा कल्याण एवं खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उपेन्द्र तिवारी ने भी संबोधित किया रक्षा प्रमुख सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने आतंकवाद को प्रायोजित करने वालों के विरूद्ध कड़ी वैश्विक कार्रवाई करने की आवश्यकता पर जोर दिया है उन्होंने कहा कि आतंकवाद का द्रढ़ता से मुकाबला करने और इसकी जड़ों पर चोट करने की जरूरत है

जब तक ऐसे देश रहेंगे जो आतंकवाद को प्रायोजित कर रहे है और आतंकवादियों का अपने प्रतिनिधि को रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें हथियार और धन उपलब्ध करा रहे हैं तब तक हम आतंकवाद पर लगाम नहीं लगा सकते जो देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को शह दे रहा हो उसे प्रायोजित कर रहा हो और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आपका साझेदार भी हो ऐसा देश विश्व समुदाय में शामिल नहीं हो सकता

उन्होंने कहा कि वित्तीय कार्रवाई कार्यबल एफएटीएफ के जरिये कुछ देशों को काली सूची में डाला जाना आतंकवाद पर लगाम लगाने की दिशा में एक अच्छा उपाय है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल से प्रदेश म कई स्थानों पर हुई बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित लोगों को अविलम्ब राहत पहुंचाने के निर्देश दिये हैं उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बारिश और ओलावृष्टि से जन धन के साथ पशु हानि से प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता राशि उलपब्ध कराई जाये

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि पीड़ित लोगों को राहत उपलब्ध कराने के मामले में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी गौरतलब है कि राज्य में कई स्थानों पर कल से रूक रूक कर हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा हो रही है जिससे सामान्य जन जीवन प्रभावित है कई जगहों पर ओलावृष्टि के कारण फसलों को भारी नुकसान हुआ है मौसम विभाग ने कल भी कई स्थानों पर घना कोहरा और वर्षा की संभावना व्यक्त की है

यह सत्र दो चरणों में होगा

आम वाहन चालकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुरोध पर यह फैसला किया है